सर्वदलीय बैठक राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र को लेकर आज विधानभवन में सर्वदलीय बैठक की गई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी दलों का सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सहयोग का आह्वान किया

वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सत्र के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है

सत्र के दौरान विपक्ष श्राइन बोर्ड गैरसैंण रोजगार और परिवहन आदि मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है विधानसभा अध्यक्ष ने आज पिथौरागढ़ से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक चंद्रा पन्त को शपथ भी दिलाई राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम अपडेट और प्रासंगिक होने साथ ही लोकप्रिय और सरल भाषा में होनी चाहिए उन्होंने कहा कि विद्यार्थीयों के लिये ऑनलाइन सामग्री के साथ ही डिजिटल लाईबेरी भी होनी चाहिए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति ने कहा कि उपाधियां शिक्षा का अंतिम पड़ाव नहीं है मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है इसलिये जीवन भर कुछ नया सीखते रहना चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एक एक गांव को गोद लेंगे

सीएम ऋषिकेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिहं रावत ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए चारधाम श्राइन बोर्ड का गठन किया जा रहा है यह श्राइन बोर्ड भविष्य की जरूरत है कल ऋषिकेश नगर निगम के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अनेक बड़े मन्दिरों के लिए श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है राज्य में श्रद्वालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत चारधाम श्राइन बोर्ड का गठन राज्य सरकार का अहम सुधारवादी कदम है इस मौके पर उन्होंने नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

मातृ वंदना सप्ताह महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है कल से शुरू हुए मातृ वंदना सप्ताह के तहत रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनपद की गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और नवजात शिश्ओं को बेबी किट प्रदान किये जिलाधिकारी ने कहा कि मातु वंदना सप्ताह की थीम स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर सुरक्षित जननी विकसित धरणी हैं इसका उद्देश्य गर्भवती महिला को पंजीकृत कर सभी स्वास्थ्य जांच का लाभ प्रदान करना है ताकि स्वस्थ माता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके इसके साथ ही संस्थागत प्रसव कन्या भ्रूण हत्या रोकना जन्म पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना भी इसका उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव नैनीताल के जिलाधिकारी जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आठ प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षित प्रसव कराये जाने की सुविधाएं बहाल करा दी हैं सुरक्षित प्रसव कराये जाने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने एएनएम और आशा को प्रशिक्षण देकर इस कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रेरित भी किया है जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में शिशु मातृ मृत्यु दर कम करने प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद नवजात और मां की सही देखभाल के साथ ही जटिल प्रसव की पहचान करना और बिना जोखिम लिए प्रसव की व्यवस्था कराना प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने बताया कि जिले में जच्चा बच्चा के जोखिम युक्त प्रसव को रोकने और राजकीय चिकित्सालयों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एएनएम केन्द्रों में कुशल प्रसव कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है विकासखण्ड भीमताल के भौर्सा हल्द्वानी के दौलतपुर हल्दूचौड़ और विकासखण्ड रामगढ़ के मौना और प्यूड़ा स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रसव कराये जाने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस आज अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जा रहा है इस दिवस का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के निशक्त लोगों के अधिकारों और उनकी सेहत के मामलों को बढ़ावा देना और उनके विकास के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली में एक समारोह में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये

दिव्यांगों के लिए सुगम और बाधामुक्त वातावरण तैयार करने के अलावा सार्वजनिक परिवहन और भवनों को उनके अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों को भी दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया उधर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिव्यांग दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव त्रिचा रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में आज दिव्यांगों के प्रति सोच बदल रही है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन्होंने दिव्यांगजनों को इन योजनाओं का लाभ लेने को कहा जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी

उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता दोनो दिव्यांग है या किसी बीमारी के कारण ग्रसित है या फिर अनाथ बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों के शिक्षा और भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह दो हजार की धनराशि प्रदान की जाती है

उत्तरकाशी में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया वहीं अल्मोड़ा में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया

इनमें सच्चे सुख का सार मौजूद है हरियाणा के क्रूक्षेत्र में आयोजित चौथे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता विश्व को निष्काम कर्म का संदेश देती है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के गांव गांव में पांडवों की स्मृतियां विद्यमान हैं यहां शुभ अवसरों पर पांडवों से जुड़े चक्रव्यूह आदि का मंचन होता है उन्होंने बताया कि पांडव नृत्य अकल्पनीय होते हैं और उत्तराखण्ड में लाखा मण्डल पांडवों से जुड़ा स्थान है

हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दून विश्वविद्यालय में वीसी के पद पर नियुक्त चन्द्र शेखर नौटियाल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश दिया है साथ ही कुलपति के पद पर नई नियुक्ति प्रकिया शुरू करने को कहा है चन्द्र शेखर नौटियाल की नियुक्ति को च्रनौती देने वाली याचिका पर मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिए हैं मामले के अनुसार देहरादून निवासी एक व्यक्ति ने द्र्न विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर नियुक्त चन्द्र शेखर नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर खुद को प्रोफेसर दर्शाया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी है मीडिया में आई यौन हिंसा की खबरों का संज्ञान लेते हुए अधिकार समिति ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से छह सप्ताह के भीतर निर्भया कोष की जानकारी मांगी है आयोग ने इस कोष की उपलब्धता और पिछले तीन सालों के दौरान खर्च किये गये धन का विवरण भी मांगा है